अपने टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिचाई के साथ विशेष रूप से भारत के किसानों युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने वैश्विक महामारी से खेल के क्षेत्र को मिल रही चुनौतियों सहित डेटा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में भी उनसे बात की नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे शिक्षा और डिजिटल भूगतान जैसे क्षेत्रों में गूगल के योगदान से काफी प्रभावित हुए हैं

मुख्यमंत्री ने बताया कि गता फैक्टरी को काम करने की अनुमति दी गई है ताकि सेब सीजन के लिए पेटियों की कमी न हो जयराम ठाकूर ने बताया कि बागवानों के लिए नेपाल के अलावा सिरमौर मंडी व चंबा जिलों से भी पर्याप्त श्रमिकों की व्यवस्था की गई है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और सांसद सुरेश कश्यप भी वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मौजूद रहे मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने करोड़ों रुपये की विंकास योजनाओं के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का ऑमार जताया

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृशल नेतृत्व में भारत कोरोना महामारी के खिलाफ एकजुटता से लड़ रहा है और द्निया के अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है अनुराग ठाकर ने कहा कि हमारे देश में कोरोना र्से होने वाली मृत्यु दर दो दशमलव पांच चार फीसदी है जो विश्व में सबॅसे कम है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारे बेहतर समन्वय के साथ कोरोना से निपटने के लिए काम कर रही है राज्यपाल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी सीपाल रासू ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनावों पर दस्तावेजी रिपोर्ट प्रस्तुत की

उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करने के लिए निर्वाचन विभाग के प्रयासों को सराहा

रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों से ये कार्य संभव हो पाया है गोयल आत्मनिर्भर केन्द्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम द्वनियामर के उद्यमियों को भारत में निवेश का अवसर भी प्रदान करता है बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक बैठक को आज वीडियो कांफ्रेस के जरिये संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में व्यावसायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में पीपीई और मॉस्क तैयार किए जा रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने कोरोना महामारी को लेकर अनलॉक के दूसरे चरण में प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह खोलने के विरोध में आज राज्य सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को इस निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहिए